केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने हिमाचल के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया बल की एक बटालियन स्थापित करने को दी मंजूरी कुल्लू जिला की तीर्थन घाटी के साईरोपा में बादल फटने से तीन घरों सहित कैंपिंग साईट व गौशाला को नुकसान

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इसी तरह छोटे और सीमांत श्रेणी के किसानों किसान विकास संघ और किसानों के पंजीकृत निकाय के किसानों के समूह को सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी

इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने पर भी मोहर लगाई आपदा केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक बटालियन स्थापित करने की मंजूरी दी है प्रदेश मंत्रिमण्डल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है इस निर्णय से राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बल मिलेगा और आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया बल कम समय में आपदा वाले क्षेत्रों में तैनात की जा सकेगी बल की स्थापना से स्थानीय लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी सुजित होंगे प्रदेश की भौगोलिक व आपदा संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने बल की एक बटालियन स्थापित करने को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गो के सामाजिक आर्थिक उत्थान के प्रति वचनबद्व है वे आज शिमला में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल के नेतृत्व में उनसे मिलने आए प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित कर रहे थे प्रतिनिधिमण्डल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर डॉक्टर सिकंदर कुमार की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने आया था इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर सिकंदर प्रदेश विश्वविद्यालय को नई दिशा प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की उनकी नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है और ये नियुक्ति योग्यता के आधार पर एक लंबी प्रकिया के बाद मैरिट आधार पर की गई है जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा ही इस समुदाय के लोगों को वोट बैंक समझा और उनके विकास पर बहुत कम ध्यान दिया इस बीच प्रदेश विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल के छोटा दड़ा में सड़क की रिथति और छतड़ू से एक किलोमीटर पहले बने पुल का आज निरीक्षण किया उन्होंने इन दोनों की स्थिति अति दयनीय होने पर बीआरओ को पत्र लिखकर तुरंत सडक व पुल की मुरम्मत के निर्देश दिए मारकंडा ने कहा कि सड़क व पुल की खराब स्थिति से यातायात बाधित हो रहा है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने सड़क व पुल के कार्य को इस वर्ष सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए रामसिंह प्रदेश भाजपा के महासचिव राम सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में गांव गरीब और किसान के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाया गया है राम सिंह ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बनने से पहले देश की जनता कई तरह की समस्याओं से परेशान थी मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब व किसानों के चेहरे पर एक नई मुस्कान लाई है राम सिंह ने कहा कि केंद्र की तरह ही हिमाचल में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है भाजपा महामंत्री ने कहा कि प्रदेश में बोर्डो व निगमों में नियुक्तियां करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जरूरत के मुताबिक ही ये नियुक्तियां होंगी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल भाजपा के वरिष्ठ व सम्मानीय नेता है और पार्टी संगठन में उन्हें बड़ा औहदा देना हाईकमान के क्षेत्र में है शुन्य लागत शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पद्धति के जन्मदाता पदम श्री सुभाष पालेकर के मार्गदर्शन में प्रदेश में शून्य लागत कृषि पद्धति लागू होगी आज शिमला में शून्य लागत कृषि पद्धति के परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर दिया है जिसके तहत हर पंचायत में एक परिवार का चयन कर शिक्षित युवा को खेती का प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा राकेश कंवर ने बताया कि इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस वर्ष सितंबर व अक्तूबर माह में शिविर लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि पिछले छः महीने में सोलन मण्डी व पालमपुर में भी ऐसे जागरूकता शिविर लगाए गए हैं और लोगों ने शून्य लागत कृषि पद्धति को अपनाया है इस मौके सुभाष पालेकर भी मौजूद रहे बादल फटा कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल की तीर्थन घाटी के साईरोपा में आज सुबह बादल फटने से तीन घर नष्ट हो गए कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस घटना में एक गैस्टहाउस कैंपिंग साईट सहित दाड़ी गांव में एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर राहत कार्यो का जायजा लिया बंजार के एसडीएम एमआर भारद्वाज ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी ने भी घटना स्थल का दौरा कर प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया वीरेंद्र कश्यप केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्रो के लिए वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री डाकघरों के माध्यम से भेजने का सरकार का कोई विचार नहीं है शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पोषक खाद्य सामग्री का चयन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है

रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है चंबा में आज जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और वीरभद्र सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं व उन्हें साथ लेकर ही आगामी लोकसभा चुना लड़े जाएंगे रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल की चारों संसदीय सीटों पर जीत दर्ज करेगी उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया हे जिसमें लोगों का अपार समर्थन पार्टी को मिल रहा है रजनी पाटिल ने कहा कि अन्य संसदीय सीटों की तरह कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से भी कांग्रेस एक सशक्त उम्मीदवार उतारेगी उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की विफलताओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने को कहा इस मौके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार पूछने के बावजूद केंद्र सरकार लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है बैठक में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे मिशन इंद्रधनुष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्र धनुष के चंबा जिले में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है

आज का दिन हर वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को याद किया प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त क्रांति आंदोलन आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण पड़ाव था धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एससीएसटी और ओबी सी वर्ग को और मजबूती प्रदान करने के लिए बिल पास करवाया है हमीरपुर जिले के टौणी देवी में मण्डल भाजपा सुजानपुर की बैठक में उन्होंने ये बात कही धूमल ने कहा कि भाजपा हर वर्ग की हितैशी है और केंद्र व राज्य सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जिससे पंचायतों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है

आउटर सिराज कुल्लू जिला के आउटर सिराज इलाके में सड़क सुविधा न होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है सनराईज सोशल हैल्थ एण्ड एनवार्यमेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष मोहन स्नेही ने शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि आउटर सिराज इलाके को सुरंगों के माध्यम से बंजार उपमंडल के बठाड़ और घयागी से जोड़ा जाता है तो साल भर लोग जिला मुख्यालय से जुड़े रहेंगे उन्होंने कहा कि इससे इलाके में विकास को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षित लोगों को घर द्वार पर रोजगार के अवसर हासिल होंगे